वन मंत्री राकेश पठानिया के अनुसार जंजैहली क्षेत्र जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर बनाएगा विशेष पहचान

शिक्षक दिवस आज शिक्षक दिवस है देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ये दिवस मनाया जाता है कोरोना महामारी के चलते इस बार शिक्षक दिवस समारोह वर्चुअल माध्यम से मनाया गया इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्च्रअल माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक प्रस्कार प्रदान किए

इनमें हिमाचल प्रदेश से हर्मीरपुर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्याड़ के रसायन विज्ञान के प्रवक्ता नरदेव सिंह राणा भी शामिल हैं हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय परिसर में उपायुक्त हरिकेश मीणा ने उन्हें राष्ट्रपति की ओर से ये पुरस्कार प्रदान किया उन्हें दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है

आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी

इस अवसर पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हुई है

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में इस संबंध में राज्यों की रैंकिंग जारी की

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये सब प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए सुधारों के कारण संभव हो पाया है

नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा ने आज शिक्षक दिवस के मौके पर अपने पूर्व अध्यापकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान होता है नड्डा ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर से भी चर्चा की उन्होंने इसे प्रदेश में सुचारू रूप से शुरू करने के लिए सरकार व शिक्षा विभाग से विशेष कार्य करने का आहवान किया पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि मण्डी ज़िला का जंजैहली क्षेत्र जल्द ही पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाएगा जंजैहली में आज विभिन्न इको टूरिज्म साइट्स के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ये बात कही उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार ने खाका तैयार कर लिया है और कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर ठोस कदम उठाए जाएंगे पठानिया ने कहा कि जंजैहली में पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम देने की सभी संभावनाएं हैं जिसके परिणाम स्वरूप युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे उन्होंने भुलाह में वन्य प्राणी चेतना केन्द्र स्थल का निरीक्षण किया ँऔर शिकारी देवी में ग्रीन विलेज के लिए स्थान के चयन की बात भी कही

पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि पुलिस जवानों के कोरोना टैस्ट करवाए गए हैं और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही इनकी विधानसभा परिसर में तैनाती की गई है उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान यदि कोई जवान कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जगह द्रसरे कर्मी को तैनात किया जाएगा

अटल टनल रोहतांग जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकण्डा ने आज केलंग में अटल टनल रोहतांग के उदघाटन संबंधी तैयारियों को लेकर अधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए

राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने अधिकारियों से विकास कार्यों में तेज़ी लाने के लिए अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करने का आहवान किया है बिलासपुर में केन्द्र व राज्य सरकार के विकासात्मक कार्यो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही

कश्यप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की विस्तारक योजना संबंधी भाजपा की वर्च्अल समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की बैठक में पूर्वे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे